हाईकोर्ट ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी की जमानत याचिका मंजूर की

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत संकल्प को सदन ने ध्वनिमत से पारित किया इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महात्मा गांधी के जनसेवा के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया है समापन अवसर पर सदन को संबोधधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है इससे पहले महात्मा गांधी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस सदन में सरकार की ओर से शराब बंदी का संकल्प पारित होना चाहिए तभी इस विशेष सत्र की सार्थकता सिद्व होगी दूसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक टिप्पणी के बाद भाजपा के सभी सदस्य उत्तेजित हो गए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया इस दौरान भाजपा सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के पास धरना भी दिया पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में नोंकझोंक के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई इस सत्र के समापन के साथ ही शीतकालीन सत्र की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी पच्चीस नवंबर से छह दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा गांधी विचार यात्रा ्राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में कल चार अक्टूबर से गांधी विचार यात्रा शुरू हो रही है मुख्यमंत्री भूपेश बधेल कल धमतरी जिले के कण्डेल गांव में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण कर इस यात्रा की शुरूवात करेंगे इस दौरान श्री बघेल जन सभा को भी संबोधित करेंगे यह पदयात्रा गागरा गांव कुरूद भखारा सिलतरा खोरपा गांव होते हुए दस अक्टूबर को रायपुर पहुंचेगी जहां गांधी मैदान में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा यात्रा के दौरान जगह जगह आमसभाएं भी होंगी इस यात्रा का उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही छत्तीसगढ़ के कण्डेल नहर सत्याग्रह की यादों को स्मरणीय बनाना है

गौरतलब है कि यह रेलगाड़ी शनिवार से चलेगी और इसके लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है तेज रफ्तार की इस रेलगाड़ी से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा समय में कमी आएगी इस मार्ग पर वैष्णोदेवी जाने के लिए कटरा अंतिम स्टेशन होगा और इस रेलगाड़ी से यह दूरी अब मौजूदा बारह घंटे के स्थान पर आठ घंटे में तय हो जाएगी चित्रकोट उप चुनाव चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए अब छह प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं आज नाम वापसी के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी धरमूराम कश्यप ने अपना नाम वापस ले लिया है बाकी बचे छह प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है गौरतलब है कि चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा स्कूल सुरक्षा योजना प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि सभी शालाओं में सुरक्षा योजना तैयार की जाए स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में श्री टेकाम ने कहा कि बच्चों के लिए पाठयक्रम में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारियों को शामिल किया जाए उन्होंने कहा कि सभी शालाओं में शाला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रदर्शन और शाला सुरक्षा आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर संबंधितों को जिम्मेदारी सौपी जाएं स्कूल शिक्षा मंत्री ने सभी शालाओं में सुरक्षा ऑडिट और मॉकड़िल के आयोजन करने के निर्देश भी दिए अमित जोगी जमानत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका मंजूर कर ली है न्यायमूर्ति आरसीएस सामंत की बेंच ने अमित जोगी को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है गौरतलब है कि मारवाही चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रही समीरा पैकरा की शिकायत पर अमित जोगी के खिलाफ पुलिस ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का मामला दर्ज किया था जिसके बाद अमित जोगी को गिरफ्तार कर व्यवहार न्यायालय पेंड्रा में पेश किया था जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था

आधुनिक तकनीकों से लैस तीन टेसला क्षमता की इस मशीन से लोगों को मात्र अट्ठारह सौ पचास रूपए में एमआरआई की सुविधा मिल सकेगी इस सुविधा का उपयोग अस्पताल के मरीजों के साथ ही बाहर के मरीज भी कर सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक एनआईटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध एनआईटी परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ ली कार्यक्रम में पर्यावरण पर गहराता संकट विषय पर एक लघु फिल्म और राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम द्वारा किए गए कार्यों पर वृत्त चित्र प्रदर्शित किए गए गोल मेज सम्मेलन कार्टून ग्लोबल फोरम इंटरनेशनल डे के अवसर पर पेरिस में आयोजित गोल मेज सम्मेलन में भारत की कार्टून पत्रिका कार्टून वॉच की ओर से त्रयम्बक शर्मा भाग ले रहे हैं इस सम्मेलन में बत्तीस देशों के कार्टूनिस्टों ने अपने अपने विचार रखें और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अपनी बात कही गौरतलब है कि राजधानी रायपुर के त्रयम्बक शर्मा बीते तेईस वर्षो से देश की एक मात्र कार्टून पत्रिका का संपादन कर रहे हैं अधिकारी नवीन पदस्थापना राज्य सरकार ने परीवीक्षावधि पूरी करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों की नई पदस्थापना की है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आकाश छिकारा को कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ का अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है वहीं चंद्रकांत वर्मा रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में अनुविभागीय अधिकारी पदस्थ किए गए हैं इसके अलावा मयंक चतुर्वेदी को बिलासपुर जिले के पेंड्रा का और रोहित व्यास को जशपुर जिले के बगीचा का अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है नवरात्र पंचमी आज शारदेय नवरात्र की पंचमी है इस दिन देवी के स्कदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है श्रद्वालु भी सुबह से मंदिरों में देवी दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं वहीं आज दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में देवी मां की डोली गर्भगृह से बस्तर दशहरे के लिए रवाना की गई उधर बालोद जिले के झलमला स्थित गंगा मईया परिसर में मेला लगा हुआ है यहां माता के दर्शन के लिए प्रदेशभर से भक्तजन पहुंच रहे हैं

इस सिलसिले में रायपुर और दुर्ग स्टेशनों पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के लिए बूथ बनाए गए हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में इंक्यानवे पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची और उनके दस्तावेज परीक्षण की समय सारणी बिहान की वेबसाइट पर कल चार अक्टूबर को देखी जा सकती है गुण्डाधूर और महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी गई है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवारों का कौशल परीक्षा आगामी उन्नीस अक्टूबर को राज्य न्यायिक अकादमी उच्च न्यायालय परिसर बोदरी छतौना रोड़ बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा राजधानी रायपुर में बीती रात आपसी विवाद में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई